केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन क्षेत्रों में लोगों के एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अन्मति होगी संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई रेल मेट्रो और अंतर्राजीय परिचालन पर रोक रहेगी स्कूल और शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे हालांकि कृषि से ज्ड़े सभी कार्यों की अन्मति जारी रहेगी ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट भट्टे शामिल है स्चारु रूप से कार्य कर सकेंगे इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है

सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की द्कानें भी खोली जा सकेंगी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे क्ल मिलाकर लॉकडाउन गया तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें क्योंकि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पायेंगे

उन्होंने जिला प्रशासन से विभिन्न स्थानों से घर लौट रहे छात्रों और लोगों के प्रवेश और आवागमन पर चेक गेटों पर निगरानी करने को कहा हालही में टीम ने देओमाली चांगलांग और नामसाई के जिला प्रशासन के साथ भी समीक्षा बैठक की

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से दो हजार आठ सौ छात्र वापस आएंगे दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के लोगों को ला ने के लिए पूर्वोतर राज्यों के साथ समन्वय बनाकर ट्रेन सेवा की व्यवस्था की जाएगी श्री कमार ने कहा कि आज ही से इस पोर्टल पर ऐसे लोगों का डाटा एकत्र किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कृषि बाग़वानी और औदयोगिक गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों के आधार पर शुरु करने की इजाजत दी गई है और वे बाहर से कामगार मंगाने की अन्मति नहीं होगी सभी गतिविधियों और नाई की द्कानों को खोलने की अन्मति दी गई है उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और सत्रह मई के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी स्वास्थ्य संबंधी म्द्दों पर श्री क्मार ने कहा कि प्रदेश में पासीघाट बोमडिला और नामसाई में कोविड लैब स्थापित किया जाएगा